इस कानून के तहत डॉक्टरों नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है

अगर स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिक को नुकसान पहुंचाया गया तो अपराधियों से क्षतिग्रस्त की गई संपत्ति का बाजार मूल्य से दोग्ना दाम मुआवजे के रूप में वसूला जाएगा

मानसिक परेशानी संबंधी किसी भी अन्य सहायता के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट उवीण्हिवअण्पद पर विजिट किया जा सकता है

समाज के लोगों ने आज पहला रोजा रखा तथा घर पर ही नमाज अदा कर इबादत की

झालावाड़ जिले के झालरापाटन सुनेल अकलेरा चौमेला और खानपुर कस्बो में रहने वाले शिया दाऊदी मुस्लिम बोहरा समुदाय ने भी आज से रोजा रखना शुरू कर दिया है